राजस्व सचिव को लिखे एक पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आचार संहिता के दौरान चुनाव के लिए अवैध धन के संदिग्ध इस्तेमाल के मामले में मुख्य चुनाव अधिकारी को जानकारी दी जानी चाहिए विवेक भाटिया लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान को प्रभावित करने और रिश्वत लेने या देने में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों को एक साल का कारावास और जुर्माना हो सकता है बिलासपूर को जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक भाटिया ने बताया है कि जिले में रिश्वत लेने और देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिये प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उड़नदस्तों के दल गठित कर लिये गए हैं उन्होंने सभी नागरिकों से निर्वाचन के दौरान किसी भी प्रकार के प्रलोभन से बचने की सलाह दी है

इसी कड़ी में वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के ढालपूर में आज भाजपा युवा मोर्चा सम्मेलन में मौजूद रहेंगे बाद में वे बंजार उपमंडल के थरास में एक जनसभा को भी सम्बोधित करेंगे मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे वहीं कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी किशन कपूर ज्वालाजी में होने वाले युवा मोर्चा सम्मेलन में भाग लेंगे जबकि हमीरपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर कुटलैहड़ और ऊना मंडल में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे इधर शिमला सीट से प्रत्याशी सुरेश कश्यप शिमला ग्रामीण मंडल के धामी में यूवा मोर्चा सम्मेलन को सम्बोधित करेंगे द्रसरी ओर कांगड़ा संसदीय सीट से कांग्रेस उम्मीदवार पवन काज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर प्रचार करेंगे वहीं शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल आज नाहन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक में भाग लेंगे जबकि मंडी से पार्टी उम्मीदवार आश्रय शर्मा बल्ह विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे नवरात्र चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन आज मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है चन्द्रमा शांति व घंटा नाद का प्रतीक है मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा की क्रपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं नवरात्रों के दौरान विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है श्रद्वालु पूरी श्रद्वा व भक्ति से पूजा अर्चना कर रहे हैं और पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ है प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों में सुबह से ही माँ के भक्त दर्शन के लिए कतारों में खड़े हो रहे हैं विधिक शिविर चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर में कल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवा साक्षरता शिविर लगाया गया इसकी अध्यक्षता मुख्य न्याययिक दंडाधिकारी अभय मंडियाल ने की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिविर का उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों और कानून के प्रति जागरूक करना है ताकि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे मौसम पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से आज प्रदेश में मौसम ने फिर करवट बदली है कुल्लू सोलन और शिमला जिलों के कई स्थानों पर सुबह से वर्षा हो रही है जबकि प्रदेश के अन्य भागों में बादल छाए हुए हैं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

अमर उजाला की सुर्खी है निजी कार्यक्रमों पर चुनाव आयोग की कड़ी नजर शादी में वोट मांगे तो प्रत्याशी के खाते में जुड़ेगा समारोह का आधा खर्च आपका फैसला लिखता है चुनाव लोकसभा का पांच विधायक मैदान में जबकि दिव्य हिमाचल का शीर्षक है कांग्रेस के तीन विधायक मैदान में दैनिक भास्कर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है अनिल प्रचार में नहीं आए तो मंत्रीपद व सदस्या से भी जाएंगे आपका फैसला की सुर्खी है बेटे के लिये काम करना है तो अनिल शर्मा को छोड़ना होगा मंत्रीपद कुल्लू में पैराग्लाइडर के क्रैश होने से जुड़ी खबर भी अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित है दिव्य हिमाचल लिखता है कुल्लू में ग्लाइडर क्रैश पायलट व सैलानी की मौत दैनिक जागरण का शीर्षक है पैराग्लाइडर दुर्घटनाग्रस्त होने से पायलट व पर्यटक की मौत जबकि पंजाब केसरी के शब्द हैं डोभी में पैराग्लाइडर क्रैश पायलट सहित पर्यटक की मौत शिमला कांगड़ा हमीरपुर नाहन नयनादेवी और सुन्दरनगर होंगे कचरा मुक्त शीर्षक से दैनिक भास्कर ने खबर दी है एनजीटी के आदेशों के बाद सरकार हरकत में हिमाचल के सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक हेत्थ केयर कोर्स बंद दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है मौसम पर अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में आज हो सकती है ओलावृष्टि